कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्रप्रदेश ओडिसा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है

हस्तशिल्प केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीय प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी खिलौनों को गुणवत्ता अनुपालन मानकीकरण में छूट दे दी है

विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है

इसका उद्देश्य स्वादेशी खिलौनों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुये खिलौनों के उत्पादन में केन्द्र राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है लोक अदालत प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया यह लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की गई इनमें आपसी सलाह मशविरे के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया गया

प्रदेश कोरोना मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर को छोड़ कर राज्य के सभी शहरों में संक्रमण कम हुआ है जन आंदोलन डिंडौरी के सीएमएचओ डॉ आर के मेहरा ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन को अपना समर्थन दिया है

मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई हैं रेल मंत्रालय ने कहा है कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाड़ी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेलगाड़ियों के लिए अनारक्षित टिकट के अनुमति दी गई है अन्य सभी रेलगाड़ियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगी निर्मला बजट परामर्श वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ कल से नई दिल्ली में विचार विमर्श शुरू करेंगी

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि श्रीमती सीतारामन बजट पूर्व पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ करेंगी जो कल सुबह और दोपहर बाद के दो सत्रों में होगा

नदियों के संरक्षण से ही जीवन का विकास और सांस्कृतिक उत्थान हो सकता है यह विचार केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पांचवें भारत जल प्रवाह शिखर मिशन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए व्यक्त किये उन्होंने कहा कि गंगा नदी का संरक्षण हमारा शुरूआती प्रयास है लेकिन नर्मदा नदी के संरक्षण की दिशा में भी बहुत काम करना बाकी है उन्होंने कहा नदियां न केवल पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक है बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है